सातवें और अंतिम चरण का प्रचार जोरों पर है

आठ अन्य घायलों का उपचार जारी

आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि भारत एक मजबूत राष्ट्र बने देवरिया में एक अन्य रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक मजूबत सरकार ही आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ सकती है श्री मोदी ने कहा कि ये चुनाव न सांसद बनने के लिए है और न ही मंत्री बनने के लिए है बल्कि ये देश को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी पार्टी यह चुनाव नोटबंदी और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों पर लड़ रही है आज नई दिल्ली में अपना वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल ने कहा कि उनकी पार्टी का प्रचार अभियान प्रेम पर आधारित है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव अभियान के दौरान नफरत फैलाने का आरोप लगाया लोकसभा चुनाव के सातवें और अंतिम चरण का प्रचार तेज हो गया है

राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं

स्लग राज्यपाल राज्यपाल बेबीरानी मौर्य ने कहा है कि निर्धन बच्चों को शिक्षा प्रदान करना वास्तव में जमीनी स्तर पर समाज का सशक्तिकरण करना है उन्होंने कहा कि हमें विशेषतौर पर बालिकाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त करने की आवश्यकता है साथ ही महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की आवश्यकता हैं राज्यपाल ने कहा कि प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर देवभूमि उत्तराखण्ड में रहना सौभाग्य की बात है यहां की परिश्रमी और साहसी महिलाएं हमारी प्रेरणा की स्रोत हैं देहरादून के नगर निगम टाउन हॉल में सेवा भारती संस्थान के वार्षिक उत्सव में राज्यपाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थीं उन्होंने कहा कि लोगो में सेवा भाव के साथ ही संवेदना भी होनी जरूरी है उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के एक हिस्से के पिछड़ा या अभावग्रस्त होने से पूरे समाज की खुशहाली में बाधा आती है कोई भी समाज तब ही खुशहाल रह सकता है जब उसका प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल हो उन्होंने कहा कि समाज के सशक्त और जागरुक वर्ग को दुर्बल वर्ग की प्रगति के लिए आगे आना होगा इसके लिए त्याग और परोपकार की भावना जरूरी है

ग्रामीणों ने सूचना दी कि एक बारात साँकरसैंण से गांव खंडमल्ला की ओर जा रही थी

घायल लोगों को नजदीकी अस्पताल राजकीय प्राथमिक चिकित्सालय पावों में भेजा गया जिनमें से दो लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया जब अन्य आठ अन्य घायलों का उपचार चल रहा है इनमे से कुछ लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया है पुलिस ने बताया कि घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया